विभिन्न जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में बहत से केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी क्छ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं महाराजगंज जिले के किसान रामगुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला

प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी शुरूआत में यह अधिकारी मुंबई दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे यह अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहे और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो यह अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उसका हल तलाशने में मदद करेंगे इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जाएगी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वह इन योजनाओं का लाभ ले सकें केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में समी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में कल श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग लागू होगा श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रूकना पड़ेगा इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी केन्द्र सरकार देशभर में कोविड नाइन्टीन महामारी के लिए टीकाकरण श्रू करने की तैयारियां कर रही है विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुद्रढ़ करने और टीकाकरण की श्रूआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है डॉक्टरों टीका लगाने वालों और कार्यक्रम से जुड़े विमिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए को विन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने टीके के संभावित दुष्प्रमाव के मामलों के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छियानबेवीं जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन पीयूष गोयल हरदीप सिंह पुरी डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अटल जी को श्रद्वाजलि दी राष्ट्र आज शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदनमोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढावा दिया मालवीय जी ने उन्नीस सौ सोलह में वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की उन्हें चौबीस दिसम्बर दो हजार चौदह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को आज उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि पंडित मालवीय ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रमु ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है कोविड नियमों के तहत गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये हैं विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर आज प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को हार्दिक बघाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने कहा कि प्रमु ईसा मसीह ने असहाय और पीड़ित मानवता को प्रेम करूणा और अट्ट संकल्प शक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रिसमस का पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है उन्होंने क्रिसमस के समस्त आयोजनों में लोगों से कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकाल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की